अब कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति भी ले सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस छिंदवाड़ा में वन विभाग की अनूठी पहल से प्रवासी मजदूरों को मिलेगा स्थाई रोजगार सीबीएसई केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बचे हये विषयों की परीक्षाएं स्थगित करने के बाद अब इन विषयों में अंक देने की प्रक्रिया भी तय कर दी है बोर्ड की आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि जिन छात्रों ने तीन से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले तीन विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं जिन छात्रों ने केवल तीन विषयों में की परीक्षाएं दी हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले दो विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे जिन छात्रों ने केवल एक या दो विषयों में परीक्षा दी है उनका परिणाम परीक्षा वाले विषय तथा आतंरिक प्रायोगिक और परियोजना परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा

खेल प्रस्कारों के लिए आवेदन विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन किये जा सकते हैं

श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं

यह फैसला आज भोपाल में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में एक बैठक के दौरान लिया बैठक में उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पुलिस विभाग की जरूरतों को देखते हुये पुलिस बल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है इसके साथ ही विभाग ने कुछ और पदों से जुड़े फैसलों की मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा श्री मिश्रा ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए एक अस्पताल पीपीई मोड़ पर बनाया जायेगा इस दौरान उद्योगों की सुरक्षा के लिए सिंगरौली भेजे गये जवानों को वापस बुलाने की चर्चा भी की

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में परीक्षण और उपचार सुविधाओं में वृद्धि शारीरिक दूरी का पालन करने और फीवर क्लीनिक चलाने जैसे उपायों से कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में सफल रहा है

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली में इस संबंध में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है

मौसम विभाग ने भोपाल जबलपुर होशंगाबादबैतूल हरदा आगरमालवा शाजापुर खंडवा विदिशा अशोकनगर उमरिया डिंडौरी मंडला दमोह सागर जिलों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है

इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में करीब एक लाख पौधे रोपे जायेंगे

जिसमें कई वाहनों को जब्त किया है